पिछले तीन दिनों में देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित मरीजों की दर दोग्नी होने में दस दशमलव नौ दिन लगे हैं उन्होंने कहा कि पिछले सात दिन में यह दर दोगुनी होने में दस दशमलव दो और पिछले चौदह दिन में आठ दशमलव सात दिन लगे डॉ हर्षवर्धन ने कल वीडियो काफ्रेंस के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह बात कही केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस तरह दुनिया मिलकर नोवेल कोरोना वायरस के उपचार का टीका खोजने में लगी है उसी प्रकार विश्वभर में पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी मुक्त स्रोत के रूप में रियायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पहले पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में श्री जावडेकर ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए और धनराशि चाहिए उन्होंने कहा कि हमें विकासशील देशों के लिए तत्काल दस खरब डॉलर की योजना बनानी होगी कोविड नाइन्टीन के साथ लड़ाई में दुनिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि इस महामारी ने हमें सिखाया है कि कम में भी गुजारा हो सकता है केन्द्र सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने का निर्णय किया है

सरकार ने कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मध्याहन भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक केंद्रीय आवंटन में ग्यारह प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की है मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए समी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से बातचीत के दौरान यह जानकारी प्रदान की जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से बचने के लिए एहतियाती उपाय करें मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ कीमती कक्त निकालें और अपने डॉक्टर नर्स और हेत्थ वर्कर को याद करें जो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपने देश की सेवा में जुड़े हुए हैं इतनी हिम्मत दिखाने के बावजूद ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जहां भी वो रहते हैं उन्हें पत्थरों और हमलों का सामना करना पढ़ रहा है

श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रातः छ बजकर दस मिनट पर मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिये गए इस अवसर पर मंदिर को ऋषिकेश के दानीदाता के सहयोग से दस क्विंटल फूलों से भव्यता से सजाया गया था कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों के तहत चार धाम यात्रा पर रोक है प्राचीन परम्पराओं के अंतर्गत कपाट खोल दिए गए हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं बॉलीवुड फिल्म अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया वह तिरपन वर्ष के थे वह लंबे समय से बीमार थे और बीते दिनों अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री मोदी ने अमिनेता के शोकाकुल परिजनों को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि उनके निधन से सिनेमा और थिएटर जगत को अपुरणीय क्षति हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि इरफान खान को सदैव बहुमुखी अभिनय के लिए स्मरण किया जाएगा प्रयागराज से विद्यार्थियों को लेकर क्शीनगर जा रही परिवहन निगम की बस आज अयोध्या में द्र्घटनाग्रस्त हो गयी हादसे में पच्चीस छात्र छात्राओं समेत सत्ताइस लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से घायल दस लोगों को उपचार के लिए अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया दुर्घटना अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के बिलारी के पास उस समय हुई जब बस आगे जा रहे ट्रक से जा टकरायी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घायलों का समुचित इलाज कराने और सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए हैं

पुलिस ने बताया कि गांव सरसरा में मकान बनाने के लिए नींव खोदते समय पड़ोसी की दीवार ढहने से भाई बहन घायल हो गये बहन को इलाज के लिए निकट के कस्बा मंगला मियाचक ले जाया जा रहा था कि रास्ते में एक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल पर सवार बहन समेत सभी तीन लोगों की मृत्यु हो गयी उधर गंभीर रूप से घायल भाई की उपचार के लिए भदोही ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी

उन्होंने पुलिसकर्मियों को सीमा पर आवाजाही की कड़ी निगरानी करने को कहा है बिना पास वाले वाहनों को सीमा में प्रवेश न करने देने के भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं